कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कल अजमेर जालौर तथा कोटा में जनसभाएं करने का कार्यक्रम है शुक़वार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जालौर में जनसभा करेंगे भाजपा के प्रदेष मीडिया प्रभारी विमल कटियार ने बताया कि जालौर के अलावा श्री शाह उसी दिन जोधपुर में भाजपा प्रत्याषी गजेन्द्र सिंह शेखावत के पक्ष में रोड शो करेंगे इसके अलावा दोनों पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता भी आगामी दिनों में राज्य में जनसभाएं तथा प्रेस वार्ताओं को संबोधित करेंगे

श्री जावडेकर ने आज जयपुर में पत्रकारों से कहा कि लोगों में श्री मोदी के प्रति विश्वास है

आज उदयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पिछले पांच साल में देश के मूलभूत ढांचे के विकास की कई योजनाएं बनी है

श्री गहलोत ने जोधपुर संसदीय क्षेत्र के फलौदी तथा लोहावट में जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश में आज जो विकास का स्वरूप है उसमें कांग्रेस सरकारों का योगदान रहा है श्री गहलोत ने केन्द्र की मोदी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज टोंक सवाईमाधोपुर संसीदय सीट से पार्टी प्रत्याशी नमोनारायण मीणा के समर्थन में सवाईमाधोपुर के खण्डार तथा देवली के दूनी में जनसभाओं को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति धर्म जैसे भेदभावों में विश्वास नहीं करती और गरीब किसान मजदूरों के कल्याण और विकास के लिए दृढ संकल्प है श्री पायलट ने कहा कि भाजपा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर गुमराह कर रही है श्री पायलट ने देवली में जनसभा को सम्बोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी बहमत मिलेगा

इसी कम में राजसमंद में लाईव वेबकास्टिंग से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित हआ इसमें वेब कास्टिंग की सहायता से मतदान केन्द्रों पर होने वाली गतिविधियों के सीधे प्रसारण से संबंधित सभी प्रकार का सैद्धांतिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया

शहर के विभिन्न मार्गो से होकर बनाई गई इस मानव श्रंखला में स्कूल के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया वहीं बूंदी में भी मानव श्रंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया इस अवसर पर सयाना काका और सयानी बुआ ने शत प्रतिशत मतदान की अपील की हनुमानगढ़ जिले में स्वीप गतिविधियों की कड़ी में आज साइकिल रैली निकाली गई

साथ ही ये सन्देश भी दिया कि जब भी वोट डालने जाएं पहचान पत्र साथ ले जाएं

जयपुर सूरतगढ यात्री गाडी को अब से कुछ देर बाद जयपुर रेलवे स्टेशन से मतदान जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सीट पर अधिक से अधिक मतदान के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हुए हैं

हमारे हनुमानगढ संवाददाता ने बताया कि नहर से कल पानी छोडा जाएगा इस नहर से हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर चूरू जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर सहित दस जिलों को पानी मिलता है

केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्णयानुसार गठित समिति में औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा सदस्य सचिव होंगे

नागौर जिले में अक्षय तृतीया पीपल पूनम तथा अन्य अब्रझ सावों पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है

गर्म हवाओं ने लोगों को घरो में रहने को मजबूर कर दिया है